उन्होंने जीरो बजट खेती पर जोर देते हुए कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है इस दौरान उन्होंने खाद्यानों दलहनों तिलहनों फलों और सब्जियों की स्व पर्याप्तता और निर्यात पर विशेष रूप से जोर दिया

इनमें शौचालय बिजली और रसोई गैस कनेक्शन भी दिये जाएगे

उन्होंने कहा कि गांव को बाजार से जोडने वाली सडकों का भी उन्नयन किया जाएगा स्वच्छता अभियान के तहत हर गांव में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था होगी

उन्होंने बताया कि आयकर भरने के लिये अब पैन कार्ड या आधार में से एक ही जरूरी होगा उन्होंने कहा कि श्रम सुधारों पर जोर जारी रहेगा

उन्होंने बताया कि इलेक्टानिक वाहन के लिए लिये गये ऋण के डेढ लाख रूपर्ये तक के ब्याज पर आयकर छट दी जाएगी

वित्तमंत्री ने कहा कि जीएसटी से पंजीकृत सभी सूक्ष्म लघू और मध्यतम उद्योगों को नये और वद्वि संबंधी ऋणों पर दो प्रतिशत के अनुदान के लिए साढे तीन अरब रूपये आवंटित किये हैं डेढ करोड़ रूपये से कम का कारोबार करने वाले दुकानदारों और खुदरा व्यापारियों के लिए प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के तहत पेंशन दी जायेगी वित्तमंत्री ने कहा कि भारतमाला सागरमाला और उड़ान जैसी योजनाएं ग्रामीण और शहरी भारत के बीच की खाई को समाप्त कर रही है और परिवहन ढ़ांचे में सुधार ला रही हैं

इसमें दो अधिकारी घायल हो गये